उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है वह आज स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हए श्री मोदी ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में द्निया का विश्वास एक नए स्तर पर पहंच गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुक्विाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुक्विा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढाया है

प्रधानमंत्री आत्मनिर्मर स्वास्थ्य योजना की चर्चा करते हए उन्होंने कहा कि इससे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तंत्र तैयार होगा श्री मोदी ने बताया कि भारत ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है

मिशन शक्ति को इसी उददेश्य से लागू किया गया है मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर मिशन शक्ति की प्रगति और इसमें विभिन्न विमागों द्वारा दिये गये योगदान के सम्बन्ध में किर्ये गये प्रस्ततिकरण के बाद सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस अभियान का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है समाज अब महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति तेजी से जागरूक हो रहा है उन्होंने राजस्व विमाग को घरौनी के तहत स्वामित्व का अधिकार घर की महिला को देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये सामुदायिक शौचालयों में महिला कर्मियों की शीघ्र तैनाती की जाय उन्होंने सभी जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक ऐसी रिपोर्टिंग चौकी स्थापित करने के निर्देश दिये जहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में सुचना दर्ज कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है राज्य सरकार ने कल विधानसभा में वर्ष दो हजार इक्कीस वाईस के बजट में जेवर हवाई अड्डे के लिए दो हजार करोड रुपये आवंटित किए राज्य सरकार ने हवाई अड्रे में प्रस्तावित हवाई पट्टियों की संख्या दो से बढाकर छह करने की घोषणा कर दी है वहीं अयोध्या में निर्मित हो रहे हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा इसके लिए बजट में एक सौ एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है अयोध्या में बनने वाला हवाई अड्डा भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि अलीगढ़ मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहरों को भी हवाई सेवा से जल्द ही जोड़ा जाएगा

इस क्रम में ग्राम पंचायतों में मैदान और ओपेन जिम बनाये जा रहे हैं प्रश्न पहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में खेल को लेकर कार्ययोजना के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न का जवाब देते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की खेलों को बढ़ावा देने के प्रति स्पष्ट नीति रही है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी जमीनों पर दबंगों के कब्जे से जमीन को मुक्त करा कर उस पर ग्राम पंचायत खेल विभाग युवा कल्याण और मनरेगा द्वारा विकास खण्ड से पंचायत स्तर पर स्कूल के पास खेल का मैदान बनवाये उन्होंने कहा कि इन खेल के मैदानों पर सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सके इसके लिये कार्य किया जा रहा है

इन युवाओं में से पचपन हजार सात सौ चौदह को विभिन्न ट्रेड में सेवायोजित भी कराया गया है राज्यमंत्री ने आज विधान परिषद में प्रश्न प्रहर के दौरान एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में लिखित रूप से यह जानकारी दी